प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण के लिये आज विशेष अभियान चलाया जायेगा

मूख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हये कैबिनेट के प्रभारी अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि केंद्रीय अधिनियम उन्नीस सौ पचासी के तहत बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया जा रहा है इसका गठन हो जाने के बाद कर्मियों को अपने सेवा संबंधी मामलों के लिये सीधे उच्च न्यायालय नहीं जाना होगा न्यायाधिकरण में ही उनके मामलों का निपटारा किया जायेगा केंद्रीय कानून और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक सेवाओं के सॉफ्टवेयर के सिस्टम में सुधार के लिये राजधानी पटना में सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है पटना में किदवईपुरी स्थित नवनिर्मित पोस्टल पार्क के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि इस सेंटर के खुल जाने से तकनीकी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जायेगा अभी इसके लिये बिहार परिमंडल को मैसूर और चेन्नई पर निर्भर रहना पड़ता है जिसके कारण तकनीकी गड़बड़ियों को सुधारने में महीनों लग जाते हैं श्री प्रसाद ने कहा कि जल्द ही भागलपूर में डाक विभाग का जोनल कार्यालय खूलेगा चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिये आज ब्रथ स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ नये नामों के दावे और सुधार के लिये आपत्तियां लेंगे इसके तहत अठारह वर्ष की उम्र पूरी कर चूके यूवा अपना नाम मतदाता सूची में जूड़वा सकेंगे और किसी अन्य जगह नाम शामिल कराने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पन्द्रह जनवरी तक चलेगा सात फरवरी को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन होगा छात्रों से बातचीत का तीसरा संस्करण परीक्षा पे चर्चा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीस जनवरी को आयोजित किया जायेगा इस कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता से बातचीत में मुजफ्फरपुर के केन्द्रीय विद्यालय के छात्र हर्ष बाब्ला ने बताया कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री के संबोधन ने बोर्ड परीक्षा में छात्रों का तनाव कम करने में मदद की थी

होमगार्ड के महानिदेशक राकेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि राज्य में होमगार्ड के बारह हजार रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली की जायगी श्री मिश्रा ने बांका में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि होमगार्ड के जवानों का स्तर सुधारने के लिए विभाग ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये है जवानों की समस्याओं के समाधान तथा महीने की पहली तारीख को उनके वेतन भुगतान के लिये उपाय किये गये हैं महानिदेशक ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर चार लाख रुपये दिये जायेंगे इसके अलावा फेमली पेंशन समेत कई अन्य लाभ मिलेंगे बिहार पुलिस के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों पर भर्ती के लिए आज राज्य भर में पांच सौ पचास केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है परीक्षा दो पालियों में ली जायेगी पहली पाली सुबह दस बजे से बारह बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से चार बजे तक आयोजित होगी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती यूवा दिवस के रूप में मना रहा है भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को अवगत कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्वाजंलि देते हुये भारत के विकास में उनके योगदानों को याद किया प्रधानमंत्री ने स्वामी जी के उपदेशों को स्मरण करते हुये कहा कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष विशेषकर यहां की युवा शक्ति को प्रेरित किया इस अवसर पर स्वामी जी को श्रद्धाजंलि देने और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिये पटना स्थित रामक़ष्ण मिशन आश्रम समेत राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है हिमाचल और जम्मू से आ रही सर्द पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाने के कारण मौसम साफ हो गया है और ध्रप निकलने लगी है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी बिहार में तापमान अभी और गिरेगा जबकि राज्य के शेष हिस्सों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा ठंड और घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर खासा असर पड़ा है पूर्व मध्य रेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना कोटा एक्सप्रेस आनंद विहार सियालदह अपर इंडिया एक्सप्रेसअमृतसर हावड़ा पंजाब मेल पटना मथुरा एक्सप्रेस त्रफान एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को आज रदद कर दिया गया है इसके साथ ही कई ट्रेने घंटों विलंब से चल रही है मकर संक्रांति के अवसर पर कॉम्फेड पटना सहित बिहार के सभी जिलों में सुधा डेयरी के जरिये अतिरिक्त दूध और दही उपलब्ध करा रहा है कॉम्फेड के महाप्रबंधक राजीव वर्मा ने बताया कि चौदह जनवरी तक बिहार और झारखण्ड में सात लाख पचास हजार किलोग्राम सुधा दही और एक सौ पांच लाख लीटर सुधा दूध की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है इसके लिये सामान्य आपूर्ति वाहन के अलावा दही स्पेशल वाहन की व्यवस्था भी की गयी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है मैट्रिक परीक्षा सत्रह फरवरी से चौबीस फरवरी और इंटरमीडिएट की परीक्षा तीन फरवरी से तेरह फरवरी तक चलेगी असम के गुवाहाटी में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार की कबड्डी टीम बालक और बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गयी है क्वार्टर फाइनल में बिहार की बालक टीम ने कर्नाटक को और बालिका टीम ने केरल को पराजित कर दो पदक पक्का कर दिया है पश्चिम बंगाल के बालुर घाट में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने मणिपुर के खिलाफ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट के नुकसान पर तीन सौ आठ रन बना लिये हैं पटना से दिल्ली जा रही राजधानी और संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस में छेबकी और इलाहाबाद जंक्शन के बीच चोरी और लूट की बारदात हुयी दर्जनों की संख्या में आये लुटेरों ने दोनों ट्रेनों में यात्रियों से लाखों रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है हाजीपुर में राजधानी की सत्रह बोगियों पर पथराव दैनिक जागरण का शीर्षक है गवाह ही नहीं पूरे परिवार को सरकार देगी सुरक्षा दैनिक भास्कर की सुर्खी है आंगनबाड़ी में बारह शिशुओं को लगाया टीका छह की बिगड़ी तबियत एक की मौत प्रभात खबर का शीर्षक है जीएम रोड के दवा व्यवसायी की हत्या

प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण के लिये आज विशेष अभियान चलाया जायेगा